मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर में रोजगार मेले में कहा कि इंटर्नशिप पूरा होने के बाद राज्य सरकार छात्रों के लिये रोजगार की भी व्यवस्था करेगी एक रिपोर्ट इस योजना के तहत छात्रों को विभिन्न तकनीकी शैक्षिक संस्थानों और उद्योगों से जोड़ा जायेगा छह महीने या फिर एक साल के इंटर्नशिप के दौरान हर युवा को ढाई हजार रूपये प्रतिमाह भत्ते के तौर पर दिये जायेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसमें से डेढ़ हजार रूपये कोन्द्रीय सरकार देगी जबकि एक हजार रूपये का योगदान राज्य सरकार की तरफ से होगा इंटर्नशिप का कार्यक्रम पूरा हो जाने के बाद राज्य सरकार इन छात्रों को नौकरी दिलाने का भी प्रयास करेगी और इसके लिए बाकायदा एक एचआर सेल का भी गठन किया जायेगा सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस नीति के तहत आज दो वरिष्ठ अधिकारियों की सेवा समाप्त करने के आदेश दे दिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर डीडीओ अमेठी को पूर्व में डीडीओ मिर्जापुर के पद पर रहते हुए दायित्वों की अनदेखी और नियुक्ति में अनियमितता के आरोप में सेवा से हटाये जाने के आदेश दिये हैं इसके अलावा पुलिस ट्रेनिंग सेन्टर मेरठ के निलम्बित पुलिस उपाधीक्षक को भी उनके पद से हटाते हुए सेवा समाप्त करने के आदेश दे दिये गये हैं इसके साथ ही एक अहम फैसले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिये गोरखपुर की तहसील चौरी चौरा के ग्राम मलमलिया में चौबीस दशमलव दो नौ हेक्टेयर भूमि को भी विश्वविद्यालय के नाम जारी कर दिया गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान आज देशभर में शुरू हो गया है

अभियान का उद्देश्य देश की विविधता में एकता पर जोर देकर सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच सम्पर्क से राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत करना है

इस कार्यक्रम के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की जोडियां बनाई गई हैं ये जोडियां भाषा साहित्य भोजन त्यौहार सांस्कृतिक कार्यक्रम पर्यटन के जरिये एक दूसरे के सूत्र में बंधने का प्रयास करेंगे प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश इस कायक्रम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर गतिविधियों को तैयार करते हैं आपसी परामर्श कर साल भर की गतिविधियों की एक रूपरेखा तैयार की जाती है

वर्तमान में चीन से आने वाले किसी भी विदेशी नागरिक का वर्तमान वीजा जिसमें पूर्व में जारी वीजा सम्मिलित है को अमान्य किया गया है भारत में दौरे के लिए विवश लोगो को बीजिंग में भारतीय दूतावास अथवा शंघाई या ग्वांगझो में द्रतावास से संपर्क करने को कहा गया है भारतीय नागरिकों को चीन से यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है अब से लोगों को चीन से यात्रा कर लौटने पर कॉरनटाइन किया जायेगा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने कोरोना वायरस की स्थिति की निगरानी के लिए एक पैनल गठित किया है स्वास्थ्य मंत्रालय सभी राज्यों से इस मुद्दे पर वीडियो कॉलिंग कर रहा है

उन्होंने एयर इंडिया और भारतीय छात्रों को वुहान से लाने क मिशन में शामिल सभी चिकित्सा कर्मियों को धन्यवाद दिया

राष्ट्रीय क़मिरोधी दिवस आज देशभर में मनाया जा रहा है

एक रिपोर्ट राज्य के हर जिले में स्कूली बच्चों को पेट के कीड़े मारने की सुरक्षित और लाभकारी दवा एलबेंडाजॉल खिलाई जा रही है बच्चों को साथ ही सफाई से जुड़ी आदतों के बारे में भी जागरुक किया जा रहा है कि कैसे हाथ धुलने से भी पेट के कीड़ों के साथ ही दूसरी बीमारियों से बचा जा सकता है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के मौके पर ब्लाक स्तर पर आशा और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की मदद से दवाओं का वितरण किया जा रहा है

चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री सुरेश खन्ना ने लोगों से अपील की है कि वो अपनी भूमिका का निर्वहन करें और अपने बच्चों को राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस के अवसर पर कीडे मारने की दवा जरूर खिलायें सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ राजधानी लखनऊ में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद यातायात में सुधार के लिये व्यापक प्रयास किय जा रहे हैं उप पुलिस आयुक्त यातायात चारू निगम ने आकाशवाणी समाचार लखनऊ से विशेष बातचीत में बताया कि कई बार कम्प्यूटरीकृत चालान प्रणाली में गड़बड़ी होने पर आम जनता को परेशानी होती थी लिहाजा ऐसे मामलों में लोग सीधे अपनी परेशानी ई मेल के जरिये उन तक पहुंचा सकते हैं और उसे दूर करने का प्रयास किया जायेगा बाइट ई चालान जब कटने लगे उसमें कई बार जब फोटो खींचती है तो गाड़ी का जो नम्बर होता है जैसे बी का डी हो गया या किसी एक पट्टीकुलर गाड़ी पर जो नेम प्लेट है वह गाड़ी कोई और गाड़ी होती है कहीं गाड़ी चोरी की भी हो सकती है गाड़ी हो सकता है कि इसकी प्लेट बदली गई हो या रजिस्ट्रेशन दोबारा किया हो तो कई कारण होते है कि अगर एक गाड़ी का हमने चालान किया उसमें किसी और यूजर को या गलत तरीके से चालान हो जाये फिर उसमें जो चालन सुधार की बाते लेकिन उसको चानलाईज करने की मुझे जरूरत लगी क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान थे कि मेरी स्कूटी पे एसयूबी का चालन आ गया

कोई चालान जब अगर देर से पहुंच रहा है आफिस ढूंढने में मेल से कैसे होगा तो मुझे लगा कि अगर सीधे मेरे आफिस में आ जाये तो हम त्रुटिपूर्ण जितने चालान है उनको ठीक करा सकें

झुमके तिराहे पर एक सेल्फी प्वाइंट भी बनाया गया है ताकि लोग झुमके के साथ सेल्फी भी ले सकें

राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने आज अयोध्या में श्रीराम जन्म भूमि परिसर में विराजमान रामलला के दर्शन किये

राम मंदिर मामले का निर्णय आने के बाद राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल का यह पहला अयोध्या दौरा है इससे पूर्व अयोध्या पहुंचने पर राज्यपाल का स्वागत स्थानीय विधायक वेद प्रकाश गुप्ता रामचन्द्र यादव और महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने किया

लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पाखरियाल निशंक ने बताया कि विश्वविद्यालय कॉलेज आर अन्य रोजगार संगठनों का ध्यान आकर्षित करने के लिए छात्र अपना शैक्षणिक विवरण इस पोर्टल पर दे सकते हैं संभल जिले के वनियाठेर के अकरोली गांव के निकट आज एक रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर में तीन लोगों की मृत्यु हो गई और सात अन्य घायल हो गये पुलिस ने बताया कि यह बस मुरादाबाद से मथुरा जा रही थी मृतकों में रोडवेज बस का परिचालक भी शामिल है प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह दुर्घटना बस के ड्राइवर द्वारा ओवरटेक करने के कारण हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है